राजधानी ईटानगर में सोमवार को मुख्य सचिव सत्य गोपाल द्वारा बुलाये समीक्षा बैठक के दौरान प्रदेश प्रभारी पुलिस महानिदेशक सुनील गर्ग ने यह बात बताई उन्होंने बताया की अब तक राज्य में मतदान संबंधित अस्सी मामले दर्ज किए गए है

श्री गर्ग ने बताया की कुरुंग कुमें और क्रा दादि जिलों में कानुन व्यवस्था को बताए रखने और कुरुंग कुमें जिलें के स्ट्रांग रुम की सुरक्षा के लिए सौलह केंद्रीय सशत्र पुलिस बल की कम्पनियां तैनात किया गया है

विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओ ने आज जनसभाएं की छठे चरण में सात राज्यों की उनसठ सीटों के लिए बारह मई को मतदान होगा इनमें उत्तर प्रदेश की चौदह हरियाणा की दस बिहार पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की आठ आठ दिल्ली की सात और झारखंड की चार सींटे शामिल है भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल में मेदनीपुर जिलें में चुनावी सभा में कहा कि उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो अवैध घुसपैठ रोकने के लिए पूरे देश में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर लागू करेगी

ईटानगर में कल आयोजित एक बैठक में श्री सिंह ने कहा की अवैध भु कटाव से भूस्खलन होने का खतरा रहता है जो लोगो के जान माल दोनो को जोखिम में डाल देता है जिला उपायुक्त ने एक आदेश निकालकर पहली मई से इकत्तीस अक्टूबर दो हजार उन्नीस तक भु कटाव पर प्रतिबंध लगा दिया है बहरहाल सरकारी एजेंसियो द्वारा अत्यावश्यक भु कटाव के लिए उन्हें जिला प्रशासन से इजाजत लेनी होगी

पासीघाट के लिड बैंक कार्यालय के तहत पड़ने वाले सभी बैंको की कामकाज पर एक जिला स्तरीय परामर्श बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री तिखाक ने यह बात कही उन्होंने बैंको से उनकी भूमिका पूरी सक्रियता से निभाने को कहा इस दौरान भारतीय स्टेट बैंक के जिला लिड प्रबंधक रेबॉत चन्द्र पातिर ने बैंक के कामकाज और गतिविधियों के बारे में जानकारी दी और सरकार द्वारा दिए वार्षिक लक्ष्य को हासिल करने पर बल दिया

पूरे विश्व में रेडक्रॉस द्वारा किये गये अच्छे कार्यो को उजागर करने के लिए हर वर्ष आज के दिन यह दिवस मनाया जाता है इसका उद्देश्य उन कार्यकर्ताओं के बलिदान को याद करना भी है जिन्होंने समय पर लोगो को अपनी सेवायें दी यह दिन अंतराष्ट्रीय रेडक्रॉस समिति के संस्थापक हेनरी ड़ुनान्ट की जयंती के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है

आज का अधिकतम तापमान तेइस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान बीस डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जबकि पिछले चौबीस घंटों के दौरान तीन दशमलव पांच मिलीमीटर बारिश दर्ज कराया गया इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार